न्याय में देरी को समाप्त करना न्याय को संरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है मव्यप्रदेश के जबलपुर में आज अखिल भारतीय न्यायिक अकादमी निदेशकों के समारोह को सम्बोधित करते हुए राष्ट्रपति ने यह बात कही श्री कोविंद ने कहा कि न्यायिक और अर्ध न्यायिक पदों पर बैठे अधिकारियों को विशेषकर जिला अदालतों में मामलों के तेजी से निपटारे के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए

उन्होंने कहा कि प्रदेश में एक लाख इक्कीस हजार से अधिक गांवों और मजरों में विद्यतीकरण का कार्य हजा है श्री योगी ने कहा कि सरकार ने एक करोड़ अड़तीस लाख उपमोक्ताओं को निश्ल्क बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराये हैं श्री योगी आज प्रदेश में एक हजार नौ सौ बीस करोड़ रूपये की लागत से निर्मित सत्ताईस नये परिषण उपकेन्द्रों का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे थे लोकार्पित होने वाली परियोजनाएं लखनऊ वाराणसी अयोध्या गोण्डा मिर्जाप्र सीतापुर फतेहपुर चित्रकूट बुलंदशहर और मुजफ्फरनगर में हैं इसके अलावा जिन सोलह पारेषण उपकेन्द्रों का शिलान्यास हुआ वे कुशीनगर बस्ती महराजगंज लखनऊ झांसी फर्रूखाबाद मुजफ्फरनगर आगरा सहारनपुर और बांदा में बनाये गये हैं

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब से कुछ देर पहिले महोत्सव का श्मारम्भ किया इसका आयोजन राजधानी के ईदैरा गांधी प्रतिष्ठान में किया जा रहा है कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को गुड़ के औषधीय महत्व की जानकारी देना है कार्यक्रम में गुड़ उत्पादकों के साथ गुड़ उत्पादन की नवीन तकनीकी के बारे में चर्चा की जायेगी गौरतलब है कि गुड़ को एक जनपद एक उत्पाद योजना के तहत अयोध्या मुजफ्फरनगर और लखीमपुर का उत्पाद चुना गया है

उन्होंने कहा कि इन कार्यक्रमों में संचालन से लेकर कार्यक्रम को आगे बढाने की भुमिका महिलाओं के जिम्मे होगी इस अवसर पर मिशन शक्ति एन्टीरोमियो स्क्वाड महिला हेल्य डेस्क के बारे में जानकारी देने के साथ महिला स्कयं सेवी समूहों को राशन कोटे की रिक्त दुकानों का भी आवंटन किया जायेगा

इस दौरान सत्तर बालिकाओं को साइकिल वितरित की गयीं इसके अलावा तीस पंजीकृत श्रमिकों की पत्नियों को शिशु मातृत्व लाभ का प्रमाण पत्र दिया गया उप श्रम आयुक्त ने बताया कि जिले में यह अभियान आठ मार्च यानी महिला दिवस तक आयोजित किया जाएगा उन्होंने पजीकरण से छूट गये श्रमिकों से अपील की है कि वे आगामी तीस मार्च तक अपने नजदीकी जन सेवा केन्द्र पर जाकर निःशुल्क पंजीकरण करायें

श्री योगी आज लखनऊ में रामायण विश्व महाकोश के पहले संस्करण का विमोचन और कार्यशाला के उदघाटन कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे उन्होने कहा कि रामायण विश्व महाकोश हमें विज्ञान और आध्यात्म के अनछुए पहलुओं को जानने का अवसर देगा

उन्होंने कहा कि पाण्डुलिपियों को संरक्षित करने के साथ ही इन्हें अगली पीढ़ी को डिजिटल स्वरूप में उपलब्ध कराना चाहिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अलग अलग खाप पंचायतों के प्रतिनिधियों ने आज लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और उन्हें अपनी समस्याएं बतायीं मुख्यमंत्री ने उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए हरसमव सहयोग का आश्वासन दिया है मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के हितों से जुड़े कार्यक्रमों और योजनाओं को पूरी गम्मीरता से लागू कर रही है इसी का परिणाम है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत उत्तर प्रदेश को सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन के लिये प्रथम पुरस्कार दिया गया है

अलीगढ़ के जिलाधिकारी ने बताया कि दुर्घटना एक बस का टायर फटने के कारण हुई जो बाद में अनियंत्रित होकर दूसरी बस से टकरा गयी उन्होंने कहा कि चार घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है